प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें सरकार से हर प्रकार की सहायता मिलेगी नई दिल्ली में किर्लोस्कर ब्रदर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बेईमान और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई के कारण सरकार को उद्योग विरोधी कहना ठीक नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी उपलबधियों की ओर बढ़ रही है बाइट भारतीय उद्योग एक पारदर्शी माहौल में भय के बिना बाधा के बिना आगे बढ़े देश के लिए वेल्थ क्रियेट करे खुद के लिए वेल्थ क्रियेट करे यही हम सभी का प्रयास रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजब्रत करने के लिए देश में तत्कालिक उपायों के साथ ही लॉन्ग टर्म सोल्युशन पर एक साथ काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने भारत को पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में किये गये सुधारों की चर्चा की जिनमें दिवाला और दिवालिया संहिता जैसे उपाय शामिल हैं श्री मोदी ने कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने की भी चर्चा की बाइट टैक्सपेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमेन इंटरफेयर समाप्त हो इसके लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है आज देश में कॉरपोरेट टैक्स रेट जितने कम हैं उतने पहले कभी नहीं थे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डेढ़ हजार से अधिक पूराने कानून खत्म किए हैं जो व्यापार के विकास में बाधा बने हुए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि परस्पर विश्वास आदर और समझ के आधार पर बने भारत अमरीका संबंध मजबूत से मजबूत होते गये हैं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम जारी रखने की इच्छा प्रकट की प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण प्रगति का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति उनके परिवार और अमरीकी जनता के लिए नववर्ष में स्वास्थ्य समृद्धि और सफलता की कामना की राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कुछ वर्षों में आपसी संबंधों के क्षेत्र में उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने परस्पर सहयोग को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की जनता को समद्धि और प्रगति के लिए श्रभकामनाएं दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई बैठक में छह महत्वपर्ण फैसलों को मंजूरी दी गयी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है सरकार के प्रवक्ता और कबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है उन्होंने बताया कि एक नवम्बर दो हजार बारह से राजकीय कार्मिकों को दिये जा रहे नियत भत्ता और वाहन भत्ता को सौ के स्थान पर दो सौ दो सौ को तीन सौ तीन सौ को साढ़ चार सौ रूपये तथा चार सौ को छह सौ रूपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी इस निर्णय से विभिन्न विभागों के लगभग डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग बीस करोड़ रूपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आयेगा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली दो हजार उन्नीस को मंजूरी प्रदान की गयी अब दुकानों का आवंटन ई लाट्री के माध्यम से किया जायेगा गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत दो सौ चौतीस करोड़ छत्तीस लाख रूपये को मंजूरी दे दी गयी चित्रकूट में जगत गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया गया अब यह विश्वविद्यालय जगत गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थाओं को विभिन्न विचारधाराओं और राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता पर बल दिया है आज बेंगलुरू में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद के रजत जंयती समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को विघटनकारी ताकतों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं होना चाहिए

मंत्रालय ने योग के संदेश के प्रचार प्रसार में मीडिया के योगदान के सम्मान के लिए पिछले वर्ष जून में इन पुरस्कारों की घोषणा की थी ये इस तरह के पहले पुरस्कार हैं ये पुरस्कार भारत और विदेश में योग के प्रचार प्रसार में भूमिका और जिम्मेदारी के लिए मीडिया का सम्मान करने के लिए शुरू किये गये हैं

इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग विश्व में भारत की पहचान है

उन्होंने कहा कि समाज में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार मीडिया की जिम्मेदारी है बाइट मीडिया न्यूज देती है अपनी टीका टिप्पणी करते हैं न्यूज देते हैं और एडरवरटिजमेंट है तो एडरवरटिजमेंट छापते हैं लेकिन इससे बाहर जाकर समाज के व्यापक हित में जो चीज समझना और समाज को करना जरूरी है इसे एक मिशन मोड में लेकर अच्छी चीजों का प्रचार करने का भी एक काम मीडिया हाऊसिस करते हैं उसका ये सम्मान है ये बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस ने आज कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थिति नियंत्रण में है और वह शांति बनाए रखने में छात्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं पुलिस उपायुक्त देवेन्द्र आर्या ने संवाददाताओं को बताया कि अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है बाइट कोई फ्रैश इंसीडेंट ऑफ वायलेंस किसी भी पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से रिर्पोटिड नहीं है न यूनिवर्सिटी के अंदर से न ही यूनिवर्सिटी के बाहर से जो सिच्रऐशन जो है पूरी तरह पूलिस के कंट्रोल में है और निरंतर हम लोग सिच्रएशन को मॉनिटर कर रहे हैं स्ट्रडेंट के साथ इनट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्टिव पुलिस डिप्लाएमेंट जो है वो कन्टीन्यू कर रहा है इंसाइड जैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट है और डिप्लाएमेंट है जो वो यूनिवर्सिटी के बाहर भी है

इन्हें तिहाड़ जेल में सुबह सात बजे फांसी दी जायेगी अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने डेथ वारंट जारो करते हुए इसकी घोषणा की इन चार दोषियों के नाम हैं मुकेश विनय शर्मा अक्षय सिंह और पवन गुप्ता प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और राज्य के कई भागों में सुबह से ही बादल छाये रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गयी कई जगहों पर घना कोहरा होने के कारण यातायात बाधित हुआ लखीमपुर खीरी में आज सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा होने से मौसम काफी सर्द हो गया तेज ठंडी हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बरेली में आसमान में बादल छाये रहे और बूंदा बांदी दर्ज की गयी

इस बरसात से गेहूं की फसल को काफी फायदा हुआ है हालांकि इससे गन्ने की कटाई और ढुलाई प्रभावित हुई है बस्ती जनपद में सुबह से ही बूंदा बांदी के कारण ठंड फिर बढ़ गयी मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बादल छाये रहने तथा गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है वहीं वृहस्पतिवार को भी गरज चमक के साथ आंशिक स्थानों पर वर्षा होने तथा कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की संभावना जतायी गई है प्रदेश में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं प्रदेश में संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों के आस पास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं केन्द्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है हमीरपुर जनपद में परीक्षा को नकलविहीन सम्पन्न कराने क लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं यहां सात परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियो में पांच हजार छह सौ से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे